कांग्रेस की स्कीनिंग कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावडेकर के नई दिल्ली आवास पर हो रही है दोनो प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में जुटे हुये है तथा उनकी पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है इस बीच कल बहुजन समाज पार्टी ने अपने छह प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के नई दिल्ली स्थित आवास पर आज बड़ी संख्या में दावेदारों ने उन से मुलाकात की इस अवसर पर श्री पायलट ने कहा कि उम्मीदवारों का एकल नामों का पैनल बनाकर भेजने की कोशिश की जाएगी ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय चुनाव समिति को परेशानी न हो

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम शुरू किया गया सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि इसके तहत घरों में भाजपा के झण्डे तथा स्टीकर लगाये जा रहे है इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर पार्टी की योजना और नीतियों की चर्चा कर रहें है इस अभियान को लेकर पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्टर भी जारी किया है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

प्रतापगढ़ में आज मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान दलों को सैद्वांतिक और ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया

उधर करौली में आज सी विजिल मोबाईल एप का मीडियाकर्मियों को फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया वहीं बाड़मेर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यो से जुड़े विमिन्न प्रकोष्ठों की बैठक ली ब्रंदी के केशवरायपाटन में आज सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को भय मुक्त होकर वोट डालने का संदेश दिया

जिले में वल्लमनगर सीट को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से इस विघानसभा क्षेत्र में विशेष बंदोबस्त के भी निर्देश जारी किए गए हैं

वर्षमर सूने पड़े रेतीले धोरों में पशुओं की आवक होने से रौनक हो गई है

सभी बीमार बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया

जैसलमेर जिले में डाबला गांव के पास एक वाहन के पलट जाने से उसमें सवार आठ गुजराती सैलानी घायल हो गये घायलों को जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

घायलों को पलसाना अस्पताल में भर्ती कराया गया

मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया नागौर जिले के बासनी में आज नागौरी कौमी बेहलीम सोसाइटी का सातवां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया

बरामद डोडा पोस्त की कीमत करीब ढाई लाख रूपये बताई जा रही है

बाघों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं

नागौर में भी ठंड का असर बना हुआ है

समापन समारोह में फैडरेशन के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे